मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के आईजीआईएमएस स्थित टीकाकरण केन्द्र पर रहेंगे मौजूद टीकाकरण को लेकर राज्य में सभी तैयारियां पूरी

और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक साथ तीन हजार छह स्थानों पर टीकाकरण की शुरूआत होगी पहले दिन प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर लगभग सौ लाभार्थियों को टीके लगाये जायेंगे

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गयी हैं उन्होंने बताया कि पहले दिन सफाईकर्मी और एम्बुलेंसकर्मियों को टीके दिये जायेंगे श्री पांडेय बताया कि सभी लाभार्थियों की सूची टीकाकरण केन्द्रों पर भेज दी गयी है साथ ही कोविड के टीके को नोडल सेंटर एनएमसीएच से सभी क्षेत्रीय केन्द्रों तक भेज दिया गया है सभी जिलों में वैक्सीन की पांच लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पचास डोज भेजी जा चुकी है

पहले पटना एम्स में टीकाकरण नहीं होना था लेकिन अब वहां भी टीके लगाये जायेंगे टीकाकरण के लिए चौदह हजार सात सौ चौबीस स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है इसके अलावा चौंसठ हजार पांच सौ अड़सठ अन्य वैक्सीनेटर भी चिन्हित किये गये हैं

मूख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक लगातार जिलों के साथ विडियो कांफ्रेंस के जरिए समीक्षा कर रहे हैं आज एक बार फिर प्ररी प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा होगी इधर चिन्हित टीकाकरण केन्द्रों से पूरी प्रक्रिया की लाईव वेबकास्टिंग के लिए भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है देश के औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोविड उन्नीस के दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं

वक्तव्य में देशवासियों से कहा गया कि कुछ तत्व अपने संकीर्ण निहित स्वार्थों के लिए वैक्सीन के मुद्दे पर राजनीति कर डॉक्टरों और वैज्ञानिक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से बिना किसी भय के टीका लेने की अपील की गयी है वरिष्ठ चिकित्सक और आईजीआईएमएस पटना के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है और लोगों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए

जिन लोगों को टीके दिये जायेंगे उन्हें भी अगले छह सप्ताह तक कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा

एक दिन में दो सौ अड़तीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख बावन हजार चार सौ सत्तासी हो गई है वहीं इसी अवधि में तीन सौ चौदह नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख सत्तावन हजार नौ सौ तैंतालीस हो गया है एक दिन में दो लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ सैंतालीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार आठ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज से बिहार सहित देश भर के छह सौ जिलों में शुरू किया जायेगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलायी जा रही इस योजना में नये समय के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी के समय से संबंधित कौशलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेन्द्रनाथ पांडेय राज्य मंत्री आर के सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे राज्यों के कौशल मंत्री और क्षेत्रीय सांसद भी समारोह को संबोधित करेंगे

कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बिहार कृषि निवेशक प्रोत्साहन नीति के वेब पोर्टल के लोकार्पण समारोह में यह बात कही उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत कोई भी व्यक्ति पच्चीस लाख से पांच करोड़ रूपये तक का उद्योग लगा सकता है जिस पर सरकार पन्द्रह से तीस प्रतिशत तक अनुदान देगी यह राशि अधिकतम डेढ़ करोड़ रूपये निर्धारित की गयी है उन्होंने कहा कि इसके तहत पशु चारा प्रसंस्करण लीची शहद केला मखान और सुगंधित पौधों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है बर्फीली पछुआ हवा की रफ्तार अठारह से बीस किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है जिस कारण लोगों को कनकनी का अहसास हो रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आने वाले अड़तालीस घंटों के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की और कमी आयेगी साथ ही दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां बन सकती हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंड स्थान रहा इधर कोहरे के कारण हवाई रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है पटना हवाई अड्डे से कल चार विमानों को रद्द कर दिया गया जबकि पन्द्रह विमान देर से उड़ें कई रेलगाड़ियां भी अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं प्रदेश में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है इस साल अब तक भेजे गये छह सौ नमूनों में से किसी में भी बर्ड फलू की पुष्टि नहीं हुई है पशुपालन विभाग के अनुसार कोलकता स्थित प्रयोगशाला भेजे गये नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है विभाग ने मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना टेलीफोन संख्या शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य नौ चार दो पर देने की अपील की है पटना उच्च न्यायालय ने गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराब कांड में पांच पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है न्यायमूर्ति सी एस सिंह की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इन सभी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के दिन से ही वेतन और अन्य लाभ दिया जाए इस मामले में इक्कीस पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बर्खास्त कर दिया था अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज से निधि संग्रह अभियान की शुरूआत होगी चौवालीस दिनों तक चलने वाले इस अभियान की पटना से शुरूआत होगी इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी तारकिशोर प्रसाद और रामसूरत कुमार भी उपस्थित रहेंगे लैंडलाईन से मोबाइल नम्बर पर आज से कॉल करने के लिए शून्य लगाना अनिवार्य हो गया है इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं औरंगाबाद स्थित बीपीएससी की एक परीक्षा केन्द्र पर हंगामा करने के आरोप में साठ अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है इनमें से दस नामजद जबकि पचास अज्ञात के खिलाफ आईपीसी और परीक्षा अधिनियम के तहत केस हुआ है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कल से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है देश तैयार कल से वायरस पर वार दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार समेत देश में कल से दुनिया का सबसे बड़ा अभियान पहले दिन तीन लाख हेत्थ वर्कर्स को लगेंगे टीके प्रभात खबर लिखता है इंडिगो मैनेजर हत्याकांड के तार गाजीपुर और बेगूसराय से जुड़े एसआईटी ने दो और को उठाया दैनिक जागरण की सुर्खी है कृषि उद्योग लगाने पर डेढ़ करोड़ रूपये तक का अनुदान दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने ठंड से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के आईजीआईएमएस स्थित टीकाकरण केन्द्र पर रहेंगे मौजूद टीकाकरण को लेकर राज्य में सभी तैयारियां पूरी

चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंड स्थान रहा